राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को दी बधाई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

इस दौरान प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे

प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे इसके बाद वे काशी विश्वनाथ मंदिर इस दौरान गलियारा परियोजना और सारनाथ पुरातत्विक स्थ्लों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भुईयां जाति की नौ उप जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए डॉ रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान टीआरआई के प्रतिवेदन को स्वीकृति दे दी है ये उपजातियां क्षत्रीय पाईक खंडित पाईक कोटवार प्रधान मांझी देहरी क्षत्रीय खंडित भुईयां और गड़ाही गहरी शामिल हैं मुख्यमंत्री ने टीआरआई के प्रतिवेदन को अनुमोदित करते हुए उसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को भेजे जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी है टीआरआई रांची की ओर से शोध प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के क्रम में क्षत्रीय पाईक खंडित पाईक कोटवार प्रधान मांझी देहरी क्षत्रीय खंडित भुईयां तथा गड़ाही गहरी की मूल जाति भुईयां है इनका गोत्र कच्छप कदम महुकल नाग और मयुर शामिल हैं ये उपजातिया दक्षिणी छोटानागपुर के रांची खूंटी गुमला सिमडेगा पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां क्षेत्र में पायी जाती हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एनसीसी का डायरेक्टरेट कार्यालय झारखंड में भी खोलने की मांग की है उन्होंने कहा है कि झारखंड में इसकी स्थापना होगी तो इससे एनसीसी को बड़ा बल मिलेगा और झारखंड के छात्रों को काफी सुविधा होगी मुख्यमंत्री एनसीसी रांची द्वारा आयोजित संविधान दिवस के समापन समारोह में बोल रहे थे उन्हानें कहा है कि एनसीसी के वायुसेना के कैडेट का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने में राज्य सरकार एनसीसी को पूरी मदद करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी के नौसेना विंग के प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए झारखण्ड में भी व्यवस्थाएं मौजूद हैं

उन्होंने कहा कि राज्य का फ्लाइंग एकेडमी वायु सेना के क्षेत्र में जाने की इच्छा रखने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है इसके लिए एक कार्य योजना बनाने की जरूरत है श्री सोरेन ने कहा कि एनसीसी ने देश के संविधान के साथ कदम से कदम मिलाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के ढांचे को संरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाया है यह हमारे लोकतंत्र और सामान्य नागरिक के लिए गौरव की बात है उन्होंने कहा कि झारखंड में रांची और हजारीबाग में एनसीसी बटालियन का कार्यालय है करीब बत्तीस हजार नौजवान इससे जुड़े हुए हैं पाक्ड जिले में झारखण्ड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना पाक्ड जिले के सदर प्रखंड के डेढ़ दजर्न पंचायतों के गांवों को रोशनी से चकाचौंध करेगा

शिप्रा एक्सप्रेस की गति बढ़ते ही इस ट्रेन के यात्री कम समय में ही अपना सफर पूरा करेंगे इस बदलाव की शुरुआत एक दिसंबर से हो रही है पहली से रेलवे देशभर की कई ट्रेनों के टाइम टेबल को जीरो बेस्ड करने जा रही है उनमें शिप्रा एक्सप्रेस भी शामिल है

इधर रेलवे ने रांची से पटना के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस के टाइम टेबल में भी फेरबदल किया है ट्रेन एक दिसंबर से दो मिनट विलंब से पटना से ख्लेगी गोमो और बोकारो में भी इसके आने और खुलने का समय बदल जाएगा वापसी में रांची से खुलने वाली ट्रेन एक मिनट पहले पटना पहुंचेगी

वहीं कल राज्य भर में किसी भी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हई

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टेस्ट ट्रैक और ट्रीट के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण स्वस्थ होने की दर अधिक होने से मृत्युदर में कमी आई है भारत में मृत्युतदर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है

इन पैक्सों द्वारा धान खरीद की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है उन्होंने कहा कि अन्य पैक्सों की जांच के बाद वहां धान क्रय केंद्र खोलने के बाबत निर्णय लिया जाएगा किसानों को होने वाली समस्या का जिक्र करने पर उपायुक्त ने कहा कि इस दिशा में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उन्होंने किसानों से अपील की कि वे क्रय केंद्र में ही धान बेचें व्यापारियों और बिचौलियों को कम दाम में धान ना दें

गिरिडीह एसपी को सूचना मिली थी कि पशु तस्कर जीटी रोड पर पुलिस के बढ़ते दबाव से बचने के लिए ग्रामीण इलाको की सड़कों से पश् तस्करी कर रहे हैं

प्रशिक्ष् आईपीएस हरीश बीन जामा ने बताया कि मवेशी को छपरा से पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था

गिरिडीह जिले के मधुबन थाना क्षेत्र स्थित सिंहपुर और जयनगर में कल देर रात भाकपा माओवादियों ने पोस्टर और बैनर लगा दिया पोस्टर और बैनर के माध्यम से माओवादियों ने युवक युवतियों से संगठन से जुड़ने की अपील की है पोस्टर और बैनर लगाए जाने के बाद क्षेत्र में भय की स्थिति है सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है ग्रु नानक जयंती और ग्रु पर्व आज भारत सहित विश्वभर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है यह पर्व सिक्खों के प्रथम गुरु गुरुनाक देव जी जन्मोत्सव के उपलक्ष में मनाया जाता है उन्होंने सिक्ख धर्म की स्थापना की थी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर उन्हें नमन किया है अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि गरू नानक देव जी के विचार हमें समाज की सेवा करने और बेहतर जीवन के लिए प्रेरित करते रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु नानक देव जी की जयंती पर देश विदेश में रहने वाले सभी नागरिकों विशेषकर सिक्ख समुदाय के भाइयों और बहनों को श्भकामनाएं दी हैं उधर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को कार्तिक पूर्णिमा और ग्रु पर्व की श्भकामनाए दी है राज्यपाल द्रौपदी मुर्म ने कहा है कि कार्तिक पूर्णिमा सनातन धर्म के अनुयाइयों के लिए प्रमुख त्योहारों में से एक है मुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्तिक पूर्णिमा को हिंद जैन और सीख समुदाय के लोग अपनी परंपरा के अनुसार सदियों से मनाते आ रहे हैं और मानवता शुभता के साथ सहअस्तित्व का संदेश देते हैं कार्तिक प्रर्णिमा के मौके पर आज चतरा जिले के कई नदियों व जलाशयों में लोगों ने स्नान किया वही इस मौके पर नदियों में अहले सुबह से ही श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ी लॉक डाउन व संक्रमण के खतरों के बीच सरकारी निर्देशों के बावजूद लोगों की भीड़ नदियों व मंदिरों में उमड़ी वहीं लोगों ने पहले नदी में स्नान किया और उसके बाद मन्दिरों में रीति रिवाज के साथ पूजा पाठ किया